प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अधिकारों की बजाय कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित उनचास बच्चों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि इतनी कम उम्र में इन बच्चों के अदभुत कार्य को देखकर वे हैरान हैं उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने कठिन परिस्थितियों में लड़ने का साहस दिखाया है

ऐसे देखो ये भी करता है इतना अवॉर्ड लेकर आया है फिर भी इतनी मेहनत करता है इतना मान सम्मान ले करके आया लेकिन देखिए ये काम कर रहा है तो क्या होगा बहतों को प्रेरणा मिलेगी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बच्चों के कार्यों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि बच्चे समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर जागरूक हैं

ठीक है अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है देश को बहुत कुछ देना है खुद को हर प्रकार से तैयार करना है ये अगर जज्बा ले करके जाते हैं तो आप देखिए आपको इस अवसर का बहुत बड़ा आनंद मिलेगा उसमें से कुछ नया सीखने को मिलेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का उद्देश्य बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहित करना और उनके लिए विशिष्ट कार्य करने वाले संस्थानों के प्रयासों को महत्व देना है निगरानी जांच ब्यूरो ने बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के सचिव करमलाल को एक लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है वह एक ठेकेदार से रिश्वत की राशि ले रहा था राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ ने दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का नियम लागू रहने के उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले का स्वागत किया है संघ के महासचिव एस के रूंग्टा ने आज नई दिल्ली में कहा कि दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए यह ऐतिहासिक फैसला है उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण में पदोन्नति की नीति तुरन्त लागू करने का आग्रह किया

इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्य समारोह राजपथ पर होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे बाईट लड़ाकू विमान सुखोई और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के साथ चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर द्वारा किये जाने वाले फ्लाईपास्ट इस बार गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण होंगे

पहली बार महिला अधिकारी कैप्टन तान्या शेरगिल सेना सिग्नल कोर दुकड़ी का नेतृत्व करेंगी छह सौ से अधिक स्कूली बच्चे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लोकनृत्यों के माध्यम से परेड में रंग भरेंगे भूपेंद्र सिंह के साथ आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह इकसठवीं कड़ी होगी इस बार यह कार्यक्रम शाम छह बजे प्रसारित किया जाएगा इससे पहले सामान्यता यह कार्यक्रम दिन के ग्यारह बजे प्रसारित होता था एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि इस साल का पहला कार्यक्रम विशेष दिन छब्बीस जनवरी को होगा मगध विश्वविद्यालय बोध गया के कुलपति प्रोफेसर राजेन्द्र प्रसाद को जे पी विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर हरिकेश सिंह का कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण प्रोफेसर प्रसाद को यह जिम्मेवारी सौंपी गयी है भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केन्द्र सरकार से पूर्व मूख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर को भारत रत्न सम्मान देने की मांग की है श्री मोदी आज पटना में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कर्पूरी जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे इधर पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्प्री ठाक्र को उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया प्रदेश में इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ विधानमंडल परिसर में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अनेक गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी इधर जननायक के पैतृक गांव समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम स्थित कर्पूरी स्मृति भवन में आयोजित समारोह में भी मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और जदयू राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकूर समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्वांजलि दी इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा है कि योजनाओं को जनता तक पहंचाने की जिम्मेदारी भी मीडिया की है श्री वर्मा सूचना प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाई पीआईबी पटना द्वारा बेगूसराय में आयोजित क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप के उद्घाटन समारोह में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि मीडिया को भ्रामक खबरों से दूरी बनाते हुए पाठकों तक सच पहुंचाना चाहिए अग्रिम कर भुगतान और अन्य कर प्रावधानों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए आज हाजीपूर में आयकर विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर आयकर अधिकारी राजीव नयन ने कहा कि जिन लोगों ने रिटर्न में कम आय दिखायी है या गलत छूट का दावा किया है उन्हें इकतीस मार्च से पहले संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए श्री नयन ने कर दाताओं को सही तरीके से आय का आकलन करने और निर्धारित समय पर अग्रिम कर भूगतान करने का सुझाव दिया प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में दिन के समय धूप खिलने और आसमान के साफ रहने से लोगों को ठंड से राहत मिली है हालांकि तेज हवा के कारण न्यूनतम तापमान अब भी सामान्य से कम बना हुआ है आज सात डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया और डिहरी प्रदेश के सबसे ठंडे स्थान रहे मौसम विभाग ने कहा है कि अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे प्रदेश में श्रद्धालुओं ने गंगा समेत विभिन्न नदियों में आस्था की डुबकी लगायी हमारे बक्सर संवाददाता ने बताया कि जिले को राम रेखा घाट समेत अनेक घाटों पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजा अर्चना की जमुई की एक अदालत ने प्रतिबंधित स्प्रिट के साथ गिरफ्तार वाहन चालक को आज दस वर्ष सश्रम कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी शेखपुरा जिले में कोरमा और नगर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है मध्रबनी में एसएसबी कैंप के जवानों ने भारत नेपाल सीमा पर कार्रवाई करते हुए पन्द्रह सौ बोतल शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है इधर एसएसबी की बावनवीं बटालियन के जवानों ने सिकटी थाना क्षेत्र से नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर के नगर थाना के बनारस बैंक चौक के पास मोटरसाईकिल सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति से तिरानवे हजार रुपये लूट लिये